इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष च्रनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में विशेष रूप से मतदाताओं को नकदी का लालच देने समेत धन बल के दुरूपयोग के मद्देनजर निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है श्री अरोडा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने को वचनबद्व है आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं उन्होंने यह भी कहा कि व्यय निगरानी व्यवस्था मजबृत हई है और पिछले चुनावों में प्रवर्तन दलों ने बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है बैठक में निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्रन भी उपस्थित थे चुनाव तैयारी आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है कल खण्डवा हरदा व बैतूल जिलों के अधिकारियों की बैठक खंडवा जिले के ग्राम आंवल्या में सम्पन्न हुई बैठक में खण्डवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कहा कि जानकारी के आदान प्रदान से अपराधियों व शरारती तत्वों पर प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जा सकेगी श्री गढ़पाले ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अवैध शराब अवैध वाहन अवैध रूप से नगदी लाये जाने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जरूरी है वहीं होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कल प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया गया जिसमें पेड न्यूज से संबंधित जानकारी दी गई वहीं गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से रात दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है मुरैना में जिला कलेक्टर प्रियंका दास ने एमसीएमसी में लगे अधिकारी कर्मचारियों से अपने कार्य को गंभीरता से करने को कहा है दमोह में सागर संभाग आयुक्त मनोहर दुबे ने तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया रीवा में लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए संपत्ति विरूपण की कार्यवाही जारी है कलेक्टर अपील शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी ने सूखी होली खेलने की अपील आम जनता से सद्भावना समिति की बैठक के माध्यम से की है पानी बचाने तथा पानी का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से उनके द्वारा यह अपील की गयी है कलेक्टर ने कल सदभावना समिति की बैठक में कहा कि शिवपुरी जल अभावग्रस्त रहा है सिंध् नदी जल योजना से शहर में नदी का पानी पहुंचने लगा है लेकिन अभी यह सभी जगह नहीं पहुंच पाया है अभी कार्य चल रहा है इसलिए पिछले कई वर्षों से शिवपुरी में सूखी होली खेलने के प्रति लोगों का रुझान बड़ा है विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा पानी बचाने के उद्देश्य से सूखी होली खेले जाने की अपील की जाती रही है दमोह हत्या दमोह जिले के हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की कल ईलाज के दौरान मौत हो गयी श्री चौरसिया और उनके बेटे पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था

रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी मध्य रेलवे के दो स्टेशनों जबलपुर और भोपाल को ईको स्टेशन बनाने के आदेश दिए है एनजीटी के निर्देश पर बनाये जाने वाले स्टेशनों पर यात्री सुबिधा बढ़ाने और वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल करने के लिये स्टेशन का स्वरूप बेहतर करने के आदेश रेलवे बोर्ड ने दिए हैं

जिसमें पश्चिमी मध्य रेलवे के दो स्टेशन शामिल है वरिष्ठमंडल वाणिज्य प्रबंधक आनंद कुमार ने बताया कि जबलपुर और भोपाल स्टेशन को जल्द ही ईको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा पुलिस व्यवस्था आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने पडोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की इस बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिये मध्यप्रदेश की सीमा से लगे विभिन्न राज्यों के जिलों में पुलिसिंग की विशेष रणनीति बनायी गयी बैठक में यह तय किया गया कि सीमावर्ती राज्यों में पडोसी राज्यों के साथ संयुक्त निगरानी लगातार की जाएगी सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाएंगे

बैठक में होली का त्यौहार शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने के लिये आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गयी मुरैना जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एंबुलेंस से अवैध शराब बरामद की है